विधानसभा में आज तीन बिल सदन में पेश किए जाएंगे इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने संबंधित संशोधन विधेयक सदन में रखा जाएगा ये सभी बिल मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की ओर से प्रस्तुत किए जाएंगे इसके अलावा एपीएमसी बिल को भी पेश किया जाएगा जिससे सब्जी और फल मंडियों में कड़े प्रावधान किए जा सकेंगे राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल शाम नई दिल्ली में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए इस अवसर पर राष्ट्रपति ने प्रदेश से सम्बंधित कबड्डी के खिलाड़ी अजय ठाकुर को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया अजय ठाकुर सोलन जिला के नालागढ़ के निवासी हैं और उन्हें पदम श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है फायरिंग परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने हरियाणा राज्य के पानीपत में हिमाचल पथ परिवहन निगम की वॉल्वो बस पर हुई फायरिंग की घटना की कड़ी निंदा की है उन्होंने कहा कि उनकी हरियाणा के परिवहन मंत्री के एल पवार से बात हई है और उनसे घटना में शामिल लोगों की पहचान और उन्हें जल्द पकड़ने का आग्रह किया है गोविंद सिंह ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के परिवहन मंत्री से यह भी आग्रह किया है कि भविष्य में हरियाणा राज्य के क्षेत्र में राज्य परिवहन की बसों की सुरक्षित आवाजाही और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाई जाए

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कल शिमला से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची व पंजीकरण में सुधार लाना और सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ना है साइकिलिंग ट्रैक पर्यटन नगरी मनाली के पर्यटन स्थल गुलाबा में नौ हजार फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनकर तैयार हो गया है कल इस ट्रैक का सफल ट्रायल किया गया अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा यह ट्रैक अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण खेल संस्थान मनाली के निदेशक कर्नल नीरज राणा की देखरेख में बनाया गया है स्काई साइकिलिंग ट्रैक से सरकारी राजस्व को भी मजबूती मिलेगी और सैलानियों को भी साहसिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिल सकेगा

मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कल रात से ही वर्षा होने जबकि कुछ क्षेत्रों में बादल छाए होने का समाचार है राजधानी शिमला में भी आज दिन की शुरूआत तेज वर्षा से हुई हालांकि अब मौसम साफ बना हुआ है

अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भंग कर केस हाईकोर्ट शिफट करने के विधयेक पर सदन में हंगामा वाकआउट दिव्य हिमाचल की सुर्खी है ट्रिब्यूनल बंद करने पर विपक्ष का वाकआउट दैनिक भास्कर ने लिखा है ट्रिब्यूनल बंद करने का कांग्रेस ने किया विरोध हिमाचल दस्तक लिखता है माननीयों की मौज देश विदेश घूमने को अब मिलेंगे चार लाख दिव्य हिमाचल का शीर्षक है आज डेढ़ लाख रूपए बढ़ेगा माननीयों का यात्रा भत्ता दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं हिमाचल में बढ़ सकता है माननीयों का वेतन जबकि अमर उजाला के अनुसार मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ते बढेंगे

एचआरटीसी बस पर फायरिंग एल्युमीनियम प्लेट में गोली फंसने से बची तीन की जान शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है पानीपत में बोलेरो सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम जबकि पंजाब केसरी के शब्द हैं पानीपत में हिमाचल पथ परिवहन निगम की वोल्वो बस पर फायरिंग जबकि दिव्य हिमाचल ने लिखा है दिल्ली से मनाली आ रही वोल्वो बस पर पानीपत में फायरिंग एक लाख की रिश्वत लेते धरा नगर निगम धर्मशाला का जेई दैनिक जागरण की खबर है मनाली में देश के सबसे ऊंचे ट्रैक पर लें स्काई साइकिलिंग का लुत्फ अमर उजाला की एक खबर है